श्री भवानी निकेतन पीजी महिला महाविद्यालय की कार्यक्रम अधिकारी डॉ रितु मेहरा को राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत एक हजार किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय की स्वयं सेवक बुलबुल पाठक ने बालिका शिक्षा बेटी बंचाओ बेटी पढ़ाओ महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किया इसी तरह सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज के स्वयं सेवक मोहम्मद अदिल ने शिक्षा अभियान चलाकर गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ा और निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई

कार्यक्रम में युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजीजू भी शामिल रहे गौरतलब है कि युवा मामले विभाग हर वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है

फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज फिट इंडिया संवाद कार्यक्रम में फिटनेस को बढ़ावा देने वाले प्रभावशाली लोगों से बातचीत की सबसे पहले प्रधानमंत्री ने चुरू जिले के विश्व विख्यात खिलाड़ी और दो बार पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले देवेन्द्र झाझड़िया से संवाद कर उनके अनुभव जाने

कार्यक्रम में क्रिकेटर विराट कोहली मॉडल और अभिनेता मिलिंद सोमन और जानी मानी डायटीशियन रूजुता दिवेकर भी शामिल हए गौरतलब है कि फिट इंडिया मुवमेंट की परिकल्पना स्वयं प्रधानमंत्री ने जन अभियान के तौर पर की थी यह अब भारत को स्वस्थ और तंदुरूस्त राष्ट्र बनाने के लिए नागरिकों को शामिल करने की योजना का एक अहम प्रयास बन गया है राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है कल डेढ़ हजार से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक हुए इनको मिलाकर संकमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख से अधिक हो गई है

आज नामांकन पत्रों की जांच होगी और तीन बजे तक नाम वापस लिए जा संकेगे इसके बाद आज ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे और अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी

कार्यक्रम में शामिल करने के लिए लोग अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील श्रोताओं कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहने और दो गज की दूरी बनाए रखें